मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक में ये बात कही

मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्तों को अपने जिले में आवश्यकता के मुताबिक कर्फ्य में ढील का समय तय करने के लिए अधिकृत किया गया है उन्होंने उपायुक्तों से कहा कि आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि लोग दैनिक ज़रूरत की वस्तुओं के लिए घरों से बाहर न निकलें मुख्यमंत्री ने स्वयंसेवकों से ज़रूरी चीज़ों की होम डिलीवरी के लिए आगे आने का आग्रह किया जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित करने को भी कहा कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और शहरी क्षेत्रों में मजदूरों को आश्रय दिया जाना चाहिए जयराम ठाकुर ने उपायुक्तों को ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के निर्देश दिए जहां लोग आसानी से सब्जियां और दूध खरीद सकें और उचित सामाजिक दूरी भी बनी रहे इस अवसर पर मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने कर्फ्यू के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी हर्षवर्धन कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव देखते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से सामुदायिक निगरानी व्यवस्था कारगर ढंग से लागू करने को कहा है पिछले एक महीने के दौरान बाहरी देशों से आने वाले लोगों पर विशेष ध्यान रखने को भी कहा गया है

स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्णबंदी का सख्ती से पालन कराने तथा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बनाए रखने का भी निर्देश दिया उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को लाने ले जाने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया ताकि डॉक्टरों नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मियों की कमी न होने पाए गृह मंत्रालय केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करनी होगी आदेश में कहा गया है कि इस कार्य में लगे कर्मचारियों को ई पास अथवा किसी अन्य अनुमति पत्र के जरिए काम करने की अनुमति होगी

यह कीमत बिना बुनाई वाले मास्क पर तीस जून तक के लिए लागू रहेगी इससे पहले केन्द्र सरकार ने दो और तीन परतों वाले सर्जिकल मास्क की कीमत आठ और दस रुपये में निर्धारित की थी बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि पार्टी मोदी राशन किट के माध्यम से चिन्हित अभावग्रस्त लोगों को राशन बांटेगी उन्होंने आज शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विधायकों और पार्टी के जिला व मण्डल अध्यक्षों से संवाद करते हुए इस दिशा में एकजुट होकर कार्य करने का आग्रह किया

मिल्कफैड के अध्यक्ष निहाल चंद ने कहा कि दुग्ध सहकारी सभाओं के सोसाइटी कमीशन को भी बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है

ये कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर तथा एआईआर न्यूज वेबसाइट डब्लयू डब्लयू डब्लयू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डाट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप पर प्रसारित होगा आंगनबाड़ी ऊना जिला में आंगनबाडी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को आवश्यक वस्तुएं बांटी जा रही है जिला कार्यक्रम अधिकारी सतनाम सिंह ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने आज से गर्भवती महिलाओं बच्चों और दूध पिलाने वाली माताओं को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति शुरू कर दी है इसके अलावा लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से जागरूक किया जा रहा है